अपने भाषण में महात्मा गांधी ने कहा था कि कर्म ही पूजा है

इसके लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है जनजातीय विकास व तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकंडा ने कहा कि टनल के नीचे बनी आपातकालीन सुरंग का निरीक्षण कर प्रधानमंत्री सिस्सू में जनसभा को भी संबोधित करेंगे मारकंडा ने बताया इस उपलक्ष्य में कोन्द्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दो अक्तूबर को मनाली पहुंचेगे जनजातीय विकास मंत्री ने कहा कि लाहौल के लोग पारंपरिक वेशभूषा में प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत करेंगे उन्होंने कहा कि टनल के शुरू होने से लाहौल स्पिति जिले में पर्यटन कृषि बागवानी व साहसिक खेलों को बढ़ावा मिलेगा और सालभर इस जिले का सम्पर्क विश्व से बना रहेगा इससे सेना को सीमाओं तक रसद सामग्री पहुंचाने में भी सुविधा होगी

महेन्द्र सिंह जल शक्ति मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने युवाओं से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का लाभ लेने का आग्रह किया है मंडी जिले के धर्मप्र विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में विकास कार्यो के उदघाटन व शिलान्यास करने के बाद बोल रहे थे महेन्द्र सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बेरोज़गार युवाओं को रोज़गार के लिए प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से ये योजना शुरू की है इस अवसर पर उन्होंने सजाऊ पिपलू में प्रधानमंत्री कौशल योजना के तहत प्रशिक्षण हासिल कर चुके प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाणपत्र वितरित किए उन्होंने लोगों से शिवा प्रोजैक्ट के तहत कलस्टर बनाकर फल उत्पादन शुरू करने का आग्रह किया ताकि वे आर्थिक रूप से मज़बूत हो सके जल शक्ति मंत्री ने क्षेत्र के कई स्थानों पर जनसमस्याएं सुनी और अधिकांश का निपटारा कर शेष के जल्द निपटारे के अधिकारियों को निर्देश दिए वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास व कृषि मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने आज नादौन विधानसभा क्षेत्र की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बदारन में नवनिर्मित भवन और कलूर गांव में पशु औषद्यालय भवन का लोकार्पण किया बदारन में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के कारण प्रभावित हुई आर्थिक व विकास गतिविधियों को शुरू करने की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में संयुक्त मेले आयोजित करेंगे राजेन्द्र गर्ग खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेन्द्र गर्ग ने कहा है कि लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान करने के लिए सरकार वचनबद्ध है घुमारवी में जनसमस्याएं सुनने के बाद अधिकांश का मौके पर निपटारा कर उन्होंने अधिकारियों को लोगों की समस्याओं के त्रंत समाधान करने के निर्देश दिए राजेन्द्र गर्ग ने कहा कि सरकार ने जनता की समस्याओं के समाधान के उददेश्य से मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हैल्पलाइन शुरू की है

पालमपुर के कुरल और बोदा गांव में लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये जानकारी दी

इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों के शिलान्यास व लोकार्पण किए राकेश पठानिया वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा है कि भेड़पालकों को सुरक्षा के उददेश्य से जीपीआरएस कवर प्रदान किया जाएगा ताकि किसी भी संकट के समय उनकी हरसंभव मदद की जा सके वे आज नूरपुर क्षेत्र के चिनवा में जनजातीय भवन की आधारशिला रखने के बाद बोल रहे थे उन्होंने कहा कि इस भवन के बनने से जनजातीय वर्ग के लोगों खासकर गद्दी समुदाय को काफी लाभ मिलेगा इस अवसर पर प्रदेश वूल फेडरेशन के अध्यक्ष त्रिलोक कपूर ने इस भवन के निर्माण कार्य में रूचि दिखाने के लिए राज्य सरकार और वन मंत्री का आभार व्यक्त किया कृषि कानून कृषि मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा है कि कांग्रेस कृषि कानून के नाम पर सिर्फ राजनीति कर रही है ऊना से जारी एक प्रैस विज्ञप्ति में उन्होंने कहा कि किसान नए कानून के पक्ष में है और कांग्रेस किसान के नहीं बल्कि बिचौलियों के साथ है वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि नए कानून में फसल कहीं भी बेचने की आज़ादी मिलने से किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त होगा साथ ही कृषि उत्पादों पर टैक्स शून्य होने से किसानों को अधिक लाभ मिलेगा उन्होंने कहा कि कांग्रेस न्यूनतम समर्थन मूल्य के नाम पर किसानों को गुमराह करने का असफल प्रयास कर रही है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किसानों को आश्वस्त किया है कि केन्द्र सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य को समाप्त नहीं कर रही है कुलदीप राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने प्रदेश में बंद पड़े लघु उद्योग सहित अन्य व्यवसाय को पुनर्जीवित करने के लिए केन्द्र से विशेष आर्थिक पैकेज लाने की राज्य सरकार से मांग की है

राठौर ने कहा कि कोरोना के चलते प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह ठप हैं और लोगों को अन्य बीमारियों का कोई उपयुक्त ईलाज नहीं मिल रहा है उन्होंने आम लोगों को राहत देने के लिए सभी प्रकार के टैक्स माफ करने की सरकार से मांग की है

ये वाहन उधमपुर से श्रीनगर जा रहा था

सैनिक कल्याण बोर्ड के उपनिदेशक मेजर दीपक धवन ने बताया कि हवलदार सुरेश कुमार की पार्थिव देह कल उनके पैतृक गांव पहुंचेगी